इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है बाइट इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीड़ी को भी सिखाता है संस्कारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा बाइट ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस एतिहासिक कालखण्ड के शाक्षी बन रहे हैं आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं

इस अवसर पर मुख्य समारोह प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बलिया के शहीद स्मारक और झांसी में ऐतिहासिक झांसी का किला एवं पंडित दीनदयाल सभागार में धूमधाम से मनाया गया

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पच्चीस वर्ष की उस कार्ययोजना को मूर्त रूप दें जिससे कि वर्ष दो हजार सैतालीस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो सके

बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में दिए गए भाषण को सुनने के लिए ईकड़ा हुए जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाए जाने के साथ ही तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई दांडी मार्च को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर साईकिल रैलियां भी निकाली गई सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आजादी का अमृत महोत्सव कांतिकारियों की भूमि मरठ में ध्रमधाम से मनाया गया

संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ झांसी में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव समाराह उत्साह के साथ मनाया गया

किले में रैली में भाग लेने वाले लोगों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मौजूद थे उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव से अपने देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जानने का मौका मिला है उनके द्वारा किया गया बलिदान की कहानी जानने के बाद हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा विकास कुमार आकाशवाणी समाचार झांसी बलिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यकम आयोजित किये गये बलिया के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यकम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बलिया की अहम भूमिका रही ह प्रदेश सरकार की ओर से सभी पचहत्तर ज़िलों में भी अमृत महोत्सव के कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है इसका उददेश्य लोगों को कांतिकारियों द्वारा किये गये त्याग और बलिदान से अवगत कराना है